वहीं झालावाड़ जिले में भी कुछ औद्योगिक इकाइयों में भी कामकाज शुरू हो गया है जिले के चंद्रवती औद्योगिक क्षेत्र धानौती में मिलें खुलने से श्रमिकों में खुशी की लहर है इधर रोडवेज द्वारा प्रवासियों और मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने का सिलसिला जारी है इस कड़ी में आज टोंक से बिहार के प्रवासी श्रमिकों को निशुल्क रवाना किया गया

यात्रियों को ट्रेन में बैठाने से पहले भोजन के पैकट्स भी वितरित किए गए इनमें पाली बाड़मेर जैसलमेंर और सिरोही के यात्री शामिल थे

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित कर दिया गया है सोमवार से शुरू होने जा रही विमान सेवाओं में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सामाजिक दूरी सहित तमाम तरह की सावधानियां बरती जायेंगी हवाई यात्रा के किराये की सीमा को यात्रा की अवधि के आधार पर सात श्रेणियों में रखा गया है

आईसीएमआर ने इस दवा के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए पहली बार ड्रोन के उपयोग की अनुमति मिल गयी है आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि छिड़काव के लिए ब्रिटेन से मशीने भी मंगवाई गयी है और छिड़काव का काम सेना के हैलीकॉप्टरों के माध्यम से किया जाएगा

पिछले दो दिनों में कुछ नये जिलों में भी टिड्डी दल देखे गए हैं

उन्होंने बताया कि कुछ जिलों से टिड्डी दलों ने केवल उड़ान भरी है वहां उनका ठहराव नहीं हुआ है

उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया है एक ट्वीट में श्री गहलोत ने कहा कि दिवंगत विश्नोई की सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा

गौरतलब है कि उनका शव संदेहास्पद परिस्थितियों में उनके सरकारी क्वाटर में पाया गया था

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है

रात के तापमान में भी अधिकांश स्थानों पर दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई बाड़मेर में भी गर्मी चरम पर है और पानी की किल्लत है

आम जनजीवन के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल नजर आए भारत स्काउट गाइड्स और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जिले में पशुओं को चारा खिलाया जा रहा है और जगह जगह परिंडे बांधे जा रहे हैं मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

ऐसा नहीं हुआ तो यह सोमवार को मनाया जायेगा सेन्ट्रल हिलाल कमेटी भी चांद देखेगी और दूसरे जिलों और राज्यो से चांद दिखने की स्थिति जानेगी इसके बाद ईद मनाने की तारीख का ऐलान होगा इस बीच आज प्रदेश में दाउदी बोहरा समाज ने ईद उल फितर का त्यौहार मनाया झालावाड जिले के झालरापाटन सुनेल खानपुर और चौमेला में आज दाउदी बोहरा समाज के लोगों ने धर्मगुरू सैयदना साहब के निर्देश पर मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करते हुए और सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखकर ईद की नमाज घरों में ही अदा की इस अवसर पर बुरहानी मस्जिदों और घरों को सजाया गया बूंदी जिले में भी दाउदी बोहरा समाज के लोग ईद का त्यौहार मनाया